पांच अक्टूबर तक दाखिल किये जा सकेंगे पर्चे

प्रदेश में नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से खुल गये स्कूल

सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित बिहार विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी की जायेगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जायेगा पांच अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे जबकि छह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं ये सीटें नीरज कुमार दिलीप कुमार चौधरी देवेश चंद्र ठाकुर डॉ एन के यादव नवल किशोर यादव मदन मोहन झा संजय सिंह और केदार नाथ पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की सात सदस्यों वाली टीम कल तीन दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेगी टीम में आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन चंद्र भूषण कुमार आशीष कुंद्रा पीआईबी की अपर महानिदेशक शेफाली बी शरण स्वीप के निदेशक शरद चंद्र और निदेशक व्यय पंकज श्रीवास्तव शामिल होंगे यह टीम पटना पहुंचने के बाद कल शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टीम की मुलाकात का कार्यक्रम है इसके बाद इंफोर्समेंट एजेंसी और छब्बीस जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी गुरूवार को यह दल गया के दौरे पर जायेगा जहां बारह जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी दिल्ली लौटने से पूर्व टीम राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चूनाव सम्पन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी है आयोग ने चुनाव में धन बल के दुरूपयोग को रोकने के लिए उड़नदस्ता दल और सर्विलांस टीम का गठन किया है यह टीम किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं के बीच धन बांटने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेगी इस संबंध में आयोग ने एक टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन जारी किया है इस टेलीफोन नम्बर पर अवैध और काले धन से संबंधित सूचनाएं दी जा सकती हैं इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान पेड न्यूज और विज्ञापन पर नजर रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है किसी भी उम्मीदवार को राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व इस सेल से प्रमाणीकरण कराना होगा यह सेल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की खबरों और विज्ञापन पर नजर रखेगा साथ ही पेड न्यूज का पता चलते ही प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी करेगा आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रावधानों की निगरानी के लिए एंड्रायड मोबाईल एप्लीकेशन सी विजिल तैयार किया गया है विस्तृत वाहन प्रबंधन व्यवस्था सुगम भी निर्मित की गयी है जिसके माध्यम से जिलों में सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को जुलूस सभा वाहन हेलीकॉप्टर लॉउडस्पीकर और निर्वाचन प्रचार कार्यालय हेतु अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है जहां प्राप्त आवेदनों को चौबीस घंटों के अन्दर निष्पादन किया जायेगा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अन्तर्गत प्रलोभन मुक्त मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नम्बर एक नौ पांच शून्य और वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप की सुविधा दी गयी है जिससे लोग अपने नाम और मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने वातानुकूलित गाड़ियों का किराया तय कर दिया है इसके तहत बस के लिए अधिकतम तीन हजार नौ सौ नब्बे रूपये और छोटे वाहनों के लिए दो हजार एक सौ रूपये प्रतिदिन किराया तय किया गया है इसके अलावा तेल का पैसा अलग से देना होगा एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गया है इस सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल दिल्ली गये हैं उनके साथ पार्टी के संगठन मंत्री नागेन्द्र भी हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा नेताओं की दिल्ली में केन्द्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत होगी इधर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक अंतिम रूप से कोई समझौता नहीं हो सका है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद ने कांग्रेस को विधानसभा के अंठावन और वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट का प्रस्ताव दिया है भाकपा माले के साथ भी राजद की बातचीत का अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है वार्ता कमिटी के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है भाकपा माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने बताया कि अब दोनों दलों का केन्द्रीय नेतृत्व कोई फैसला करेगा वहीं अन्य वाम दलों सीपीएम और सीपीआई के साथ भी समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका है महागठबंधन के एक अन्य घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी पन्द्रह सीटों पर अपनी दावेदारी जतायी है प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष प्रष्पम प्रिया चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भागलपूर के नाथनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है चूनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद भी उनकी पार्टी का पोस्टर बैनर कई जगह मिलने के बाद ये कार्रवाई की गयी वहीं नवादा के भाजपा जिला अध्यक्ष पर भी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वारिसलीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण उत्तरी और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की रिथति गम्भीर हो गयी है कोसी गंडक बागमती कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज मुजफ्फरपूर समस्तीपूर और सीतामढ़ी समेत सात जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं सीमांचल के जिलों पूर्णियां किशनगंज और अररिया में छोटी नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश के कारण कटिहार गेड़ाबाड़ी के बीच एनएच इक्यासी पर तिनपनिया के पास बना डायर्वजन बह गया है इस कारण इस मार्ग पर आवागमन ठप है वहीं पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण जिले में भी बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है लौरिया रामनगर लौरिया नरकटियागंज लौरिया गोनौली नरकटियांगज गौनाहा सिकटा बेतिया और मैनाटांड मुख्य मार्गों पर आज पांचवे दिन भी आवागमन बाधित है सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से नंदनगढ़ जाने वाली सड़क पर भी पानी फैल गया है अररिया में बाढ़ के पानी के कारण एनएच तीन सौ सत्ताईस ई पर मरियाधार पुल के एप्रोच पथ में दरार आ गयी है जिस कारण आवागमन बाधित हुआ है प्रदेश में नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आज से खूल गये हैं केन्द्र सरकार के अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने स्कूलों को कोविड उन्नीस के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हर दिन एक तिहाई बच्चे ही स्कूल बुलाये जायेंगे एक बच्चा सप्ताह में दो दिन से अधिक स्कूल नहीं आयेगा बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी इसके साथ ही बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी होगी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है वहीं प्रतिदिन पचास प्रतिशत शिक्षक ही स्कूल पहंचेंगे प्रार्थना सत्र खेलकूद और प्रायोगिक कक्षाओं सहित अन्य गतिविधियां नहीं होंगी कैफेटेरिया और मेस नहीं ख़ुलेंगे स्कूल ख़ुलने के बावजूद भी ऑनलाईन पठन पाठन पूर्व की तरह जारी रहेगा कंटेनमेंट जोन वाले विद्यालय बंद रहेंगे स्कूल प्रबंधन को कोविड उन्नीस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा मास्क पहनना थर्मल स्क्रीनिंग और सुरक्षित दूरी बनाकर रखना अनिवार्य होगा वहीं आदेश में कहा गया है कि कोचिंग और इस प्रकार के अन्य संस्थान अभी बंद रहेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक एक लाख चौंसठ हजार पांच सौ सैंतीस रोगियों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है इस वैश्विक महामारी से राज्य में आठ सौ अठासी लोगों की मौत हुई है सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार चार सौ छप्पन है इनमें से अड़तालीस प्रतिशत मामले नौ जिलों से हैं इन जिलों में अररिया मधुबनी मुजफ्फरपुर पटना पूर्णियां सुपौल नालंदा पूर्वी चम्पारण और सहरसा शामिल हैं दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सदसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विज़ुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराए और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले गया जिले के रौशनगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत परसाचुआं और अंबाखार गांव के बीच बने पुल के पास नक्सलियों द्वारा लगाये गये केन बम को कोबरा दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि बम काफी शक्तिशाली था भोजपुर जिले के आरा में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी जबकि गोलीबारी की घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है मृतक जदयू को नेता बताये जाते हैं पश्चिम चम्पारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी सीतामढ़ी जिले बैरगनियां ढेंग पथ पर एसएसबी की टीम ने सात लाख रूपये से अधिक भारतीय मुद्रा और इकतीस लाख रूपये से अधिक नेपाली मुद्रा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी के हर सम्भावित सीट पर प्रभारियों से लिया फीडबैक अखबार की एक अन्य खबर है उम्मीदवारी तय करेगा कांग्रेस आलाकमान दैनिक भास्कर लिखता है तेजस्वी का वादा पहली कैबिनेट में दस लाख नौकरी देंगे प्रभात खबर ने लिखा है भाजपा से उपेन्द्र कुशवाहा की हो रही बात लोजपा में मतभेद के संकेत दैनिक जागरण ने मन की बात कार्यक्रम को प्रमुखता देते हुये लिखा है पीएम ने कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने की कोशिश की दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य सभी समाचार पत्रों ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

पांच अक्टूबर तक दाखिल किये जा सकेंगे पर्चे

प्रदेश में नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से खुल गये स्कूल

सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित